इस मौके पर शमशी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हम सब को सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और मास्क लगाने के लिए विवश कर दिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो महीने से अधिक समय तक लॉकडॉउन के बावजूद किसी को भी भूखे नहीं सोना पडा उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पीएम केयर फंड और मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए दिल खोलकर अंशदान किया इसी तरह जनप्रतिनिधि भी इस महामारी से लड़ने के लिए यथासंभव अंशदान कर रहे हैं उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि पहले कांग्रेस प्रदेश से बाहर फंसे लोगों के लिए चिंतित थी लेकिन जब सरकार ने इन लोगों को वापिस प्रदेश लाया तो अब सरकार पर दूसरे राज्यों से कोरोना हिमाचल लाने का आरोप लगाया जा रहा है बिकम ठाकुर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की स्वर्णिम हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए परिवहन विभाग ने महत्वकांक्षी कदम उठाए हैं इसके लिए विभाग द्वारा प्रदान की जा रही जन सेवाओं को समयबद्ध और दक्ष बनाने के लिए ऑनलाईन किया गया है साथ ही लोगों को यातायात को सुगम और आरामदायक साधन उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं बिकम ठाकूर शिमला में परिवहन विभाग और रोपवे एंड रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम विकास निगम के कायोँ की समीक्षा कर रहे थें उन्होंने अधिकारियों को जन सेवाओं को सुगम सरल सहज और सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर अपनी किसी भी बात पर कायम न रहने का आरोप लगाया है पठानिया ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अग्निहोत्री पहले कहते थे कि मुख्यमंत्री ओकओवर में बैठे रहते हैं अब जब मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं तो उनके दौरों पर भी उंगलियां उठाई जा रही है जो सरासर गलत है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को राजनीति का घटिया स्तर करार दिया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सेवा कर रहे हैं जबकि कांग्रेसी घर में दबके हए हैं उन्होंने कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन पर भी पूरे कोरोना काल में घर में ही छीपे रहने का आरोप लगाया

यह संबोधन आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढ़े नौ बजे से किया जायेगा

इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी इस मौके पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को सम्बोधित करेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कडी कर दी गई है

कोरोना महामारी के सायं में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल कुल्लू में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होंगे इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद सिंह विधायक विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाए दी है

डॉक्टर जगत राम सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत सेर जगास पबियाना गांव के निवासी है डॉक्टर जगत राम किन्हीं कारणों से पिछले वर्ष हिमाचल गौरव प्रस्कार प्राप्त करने के आयोजित समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे

डीसी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने गुरूवार शाम पीर निगाह स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और यहां दाखिल महिला कोरोना मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना उपायुक्त ने महिला मरीजों से उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली

महिला मरीजों ने इस मौके पर कहा कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और किसी प्रकार की परेशानी नहीं है डीसी चंबा चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे कुछ समय के लिए सामाजिक व पारिवारिक समारोह टाल दें

इस प्रवृत्ति से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से कोरोना संकमण बढ़ रहा है शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश निजी शिंक्षण संस्थान नियामक आयोग के पिछले कार्यकाल की प्रदेश ॅउच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग की है शांता कमार ने आज एक बयान में कहा कि पिछले नियामक आयोग के होते हुए प्रदेश में फर्जी डिग्री घोटाला हुआ इस घोटाले से प्रदेश की छवि खराब हुई है शांता कुमार ने निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने नई नियुक्तियों पर सरकार को शुभकामनाएं भी दी मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने आज अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर महीने में इस सुरंग का लोकार्पण करेंगे उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बन जाने से लाहौल स्पिति में पर्यटन में जोरदार उछाल आएगा मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सकिय बना हुआ है

मौसम विभाग ने आज राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने इस दौरान मैदानी और मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट भी जारी किया है भुस्खलन मण्डी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनोगी मंदिर के पास आज सुबह पहाड़ से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई ये घटना सुबह साढ़े पांच बजे हुई घटना में मारे गए दोनों लोग ट्रक चालक है इनमें से एक ट्रक चालक हनोगी माता मंदिर में माथा टेकर्ने के लिए रूका था जबकि दूसरा चालक मण्डी से कुल्लू की ओर अपने ट्रक लेकर जा रहा था